केन्द्रीय मंत्री ने वीरेन्द्र कंवर को हर संभव मदद का आश्वासन दिया इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की और उनसे हिमाचल की विकास योजनाओं पर चर्चा की उन्होंने अनुराग ठाकुर से विकास कायाँ के लिए केन्द्र के माध्यम से उदार आर्थिक मदद दिलाने का आग्रह किया बाद वीरेन्द्र कंवर ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मेंट की फसल हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना में फसलों की पैदावार व किसानों की आय बढ़ाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं ये परिणाम राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान और कृषि व कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आए हैं

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि परियोजना के क्षेत्र में अनाज और सब्जियों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई है

फिलहाल भूंकप के झटकों से किसी जानमान के नुकसान का कोई समाचार नहीं है मॉकड्रिल प्रदेश में संभावित भूकम्प को लेकर आज मैगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा सभी जिलों में उपमंडल स्तर पर भी इस मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा इस दौरान सेना अर्धसैन्य बल राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया बल और राज्य आपदा प्रबंधन से जूड़े समी विमागों के अधिकारी व कर्मचारी हिस्सा लेंगे सोलन में पांच हमीरपुर में चार और शिमला में पांच स्थानों पर ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी राजस्व व आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पूर्वाभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा के लिए मानक संचालन प्रकिया तैयार करने और इसका परीक्षण करने में सहायता मिलेगी महिला कांग्रे स प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि पर चिंता जताई है उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं जैनब चंदेल कल शिमला में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने प्रदेश में युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर भी चिंता जताई और कहा कि महिला कांग्रेस नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान शुरू करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और सदस्यता के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग समी समाचार पत्रों ने राज्य सरकार और तीन कंपनियों के बीच हुए एमओयू से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं एक हज़ार करोड़ के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिव्य हिमाचल लिखता है हज़ार करोड़ के नए एमओयू निवेश आकर्षित करने के लिए दिल्ली गई टीम हिमाचल को मिली सफलता दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में एक हज़ार करोड़ का निवेश करेंगी तीन कंपनियां चांशल कुल्लू मनाली व लाहौल स्पीति में बनेंगे स्की रिजॉर्ट दैनिक भास्कर का कहना है तीन कंपनियों के साथ दिल्ली में एक हज़ार करोड़ के एमओयू साइन दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है यूरोप की तर्ज़ पर हिमाचल में होगी हैली स्कीइंग स्की हिमालयन रोपवेज के साथ सरकार का करार आपका फैसला के मुताबिक दिल्ली में सीएम ने साइन किए एक हजार करोड़ रूपये के एमओयू छात्रवृति घोटाले में अब मनी लांड्रिंग की जांच शुरू ईडी ने तलब किया मामले से जुड़ा रिकॉर्ड शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोकने पर एफआईआर दैनिक भास्कर की एक खबर है ऊना में अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस माफिया ने तलवार गंडासे दिखा दौड़ाया जबकि दिव्य हिमाचल ने लिखा है माफिया ने धमकाए खनन चैकिंग को गए पुलिसकर्मी